बार बार हाथ धोना व मास्क पहनना है जरूरी और नहीं भूलनी है दो गज की दूरी

भारत के औषध् महानियंत्रक डीसीजीसी ने एसट्राज़ेनेका कंपनी की वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में समिति उपयोग की अनुमति दे दी है केन्द्रीय औषध मानक निंयत्रण संगठन की विशेषज्ञ समिति दवारा इन टीकों के आपात्त उपयोग की सिफारिश के बाद डीसीजीआई ने यह निर्णय लिया पहली जनवरी को आपात्त स्थिति में कोविशील्ड और सीमित इस्तेमाल के लिए को वैक्सीन की सिफारिश की गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कि डीसीजीआई द्वारा वैक्सीन की अन्मति से देश को कोविड म्क्त करने की दिशा में बढ़ावा मिलेगा देश के परीश्रमी वैज्ञानिकों तथा शौधकर्ताओं को बधाई देते हये श्री मोदी ने एक टवीट संदेश में कहा कि यह उनकी भावनाओं को और मजबूत करने के लिए एक निर्णयात्मक कदम है

अभी तक सत्रह करोड़ अड़तालिस लाख नमूनों की जांच की गई है केन्द्र सरकार और किसान संगठनों के बीच वार्ता का अगला चरण कल नई दिल्ली में होगा

बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसानों केा आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्व है तथा दोनों पक्षों को एक सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहंचने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान चार से दो मुद्दे पर सहमति बनी थी श्री तोमर न कहा कि पहला मुद्दा पर्यावरण से जुड़े अध्यादेश का था जबकि दूसरा मुद्दा बिजली कानून से सम्बधित था श्री तोमर ने किसानों को आश्वस्त किया है न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था पहले की भांति जारी रहेगी किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून तथा कृषि पैदावार के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाज़ार कीमतों के बीच अंतर रखने की मांग को एक समिति के सम्क्ष भेजा जायेगा जब भी इसका गठन होगा किसान संगठनों की कृषि कानूनो को भंग करने की मांग पर मंत्री ने कहा यह भी समिति के समक्ष भेजा जायेगा जो इसकी संवैधानिक वैधता और उपय्क्कता का अध्ययन किसानों के हित को ध्यान में रख कर करेगी श्री तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का ख्ले मन और साफ नियत के साथ समाधान करना चाहती है कृषि मंत्री ने संगइन के नेताओं से अपने प्रस्ताव आगे रखने को कहा जिनका सरकार अध्ययन करेगी और बातचीत करेगी उन्होंने किसानों संगठनों की विरोध प्रदेर्शन को अनुशासित और शांतिप्रिय रखने की सराहना की

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अमेरिका की एक शौध कंपनी ने सर्वाधिक लोकप्रिय शासनाध्यक्ष बताया है

यह विश्व के किसी अन्य नेता की रेटिंग से अधिक है

प्रधानमंत्री ने भारतीयों के कोविड से बचाव के लिए कई उपाय किये और ऐसे समय मे विश्व सम्दाय की भी मदद की बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने कहा कि ताजा रेटिंग प्रधानमंत्री के सफल नेतृत्व और कड़ी मेहनल का प्रमाण है तथा देश के लिए गर्व का विषय है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी प्रधानमंत्री को बधाई दी और कहा कि देश के लिए यह गर्व की बात है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि लोकतंत्र में स्भी को साथ लेकर चलना उनकी सरकार की प्राथमिकता है आज पंचकला में नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर और भारतीय जनता पार्टी व जन नायक जनता पार्टी के पार्षदों के अभिनंदन समारोह को सम्बोधित करते हये म्ख्यमंत्री ने कहा कि जनता का फैसला सर्वप्रिय होता है और यह सभी को स्वीकार करना चाहिए उन्होंने कहा कि इस जीत का श्रेय पंचकूला की जनता व पार्टी कार्यकर्ता को जाता है

दोनों पार्टियों को दो तिहाई बह्मत प्राप्त् हुआ है मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी व बरवाला क्षेत्र की समस्याओं का जल्दी समाधान किया जायेगा इस समारोह को केन्द्रीय जल आपूर्ति व सामाजिक न्याय मंत्री रतन लाल कटारिया और हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञान ग्प्ता ने भी सम्बोधित किया जगाधरी नगर निगम के डिपटभ व वरिष्ठ डिपटी मेयर का चुनाव कल हो जायेगा यह जानकारी हये निगम के मेयर मदन चौहान ने बातया कि इसे लेकर कल सदन की बैठक निगम के सभागार में होगी उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सदन में पर्याप्त बह्मत है वरिष्ठ डिप्टी व डिपटी मेयर भाजपा के ही बनेंगे करीब दो साल से ये दोनों की पद खाली पड़े ह्ये है कल इनके भर जाने की उममीद है

हरियाणा विदयालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉ जगबीर सिंह ने बताया है कि शिक्षा बोर्ड द्वारा कल और आज आयोजित करवाई गई हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा से सम्बधित सभी विषयों की ड्राफ्ट उत्तर कृंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है

हरियाणा में आज कई जगहों पर हल्की बारिश हई

मौसम विभाग के अनुसार कई स्थानों पर भारी शीत लहर जारी रही अव घना कोहरा दाया रहा न्यूनतम तापामन में वृद्धि दर्ज की गई